चित्रकूट जनपद में मुख्यमंत्री ने लगभग एक हजार करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण के साथ उपकरणों का वितरण भी किया

जनसभा को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे रसिन बाँध चिल्लीमल कैनाल सहित चित्रकूट मे चल रही अन्य विकास परियोजनाओं को जिले के विकास का आधार बताया अजय प्रताप सिंह आकाशवाणी समाचार चित्रकूट मुख्यमंत्री ने चित्रकूट धाम मंडल में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान जनकल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाने और कानून व्यवस्था को दुरूस्त करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान आज दूसरे दिन चित्रकूट धाम मण्डल पहुंच जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारम्भ करने के साथ विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया

यह परियोजना ब्रंदेलखंड के लिये संजीवनी मानी जा रही है

उन्होंने लहचूरा बाँध ओर अर्जून सहायक परियोजना की नहर का निरीक्षण कर सैल्फी पुआइन्ट में पहुँचकर सैल्फी ली उन्होंने कहा कि केन्द्र में भाजपा सरकार आने के बाद इस योजना को गति मिली

उन्होंने कहा कि इसी परियोजना के तहत हल घर नल घर घर जल योजना के माध्यम से स्वच्छ पेयजल चार लाख लोगों को मिल सकेगा

प्रदेश में आज से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य में गोल्डन कार्ड बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है इस अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में लोगों को जागरुक करना है

इस अभियान के तहत उन लोगों के आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे जिन्हें अब तक यह कार्ड नहीं मिले हैं इस अभियान के तहत मुफ्त आयुष्मान गोल्डन कार्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पंचायत भवनों आंगनवाड़ी केंद्रों और यहां तक कि सरकारी राशन की दुकानों पर भी बनाए जाएंगे इस अभियान का मकसद गोल्डन कार्ड बनाने की रफ्तार को तेज करना और इसके फायदों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ बस्ती की जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लोगों में इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज मोजाम्बिक के परिवहन और संचार मंत्री जनफर अब्दुलाई की मौजूदगी में वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से इन इंजनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ये इजन आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूरी तरह से बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा चौदह महीने के रिकार्ड समय में डिजायन और विकसित किये गये हैं मोजाम्बिक की ओर से छह इंजन और नब्बे स्टेनलेस स्टील यात्रो डिब्बों का ऑर्डर दिया गया है इस कम में पहले बैच में दो इंजन आज रवाना किये गये ये इंजन आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से सुसज्जित हैं और ध्वनि तथा कम्पन मानकों के अनुरूप बनाये गये हैं कार्यकम में केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री डाक्टर महेन्द्रनाथ पाण्डेय और प्रदश सरकार के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और अनिल राजभर भी मौजूद थे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

प्रदेश में कल भगवान शिव के आराधना दिवस महाशिवरात्रि के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इस अवसर पर शिवालयों और नदी तटों पर सुरक्षा का कड़े बंदोबस्त किये गये है

प्रयागराज में संगम तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के मद्देनजर यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई ह तथा मार्ग परिवर्तित किये गये हैं जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो वाराणसी में घाटों की विशेष सफाई के बाद यहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं अयोध्या मथुरा बलरामपुर सहारनपुर लखनऊ और आगरा सहित विभिन्न स्थानों पर कांवड़ियों की सुगमता के लिए मार्गो में परिवर्तन करते हुए पुलिस बलों की तैनाती की गई है

डाक विभाग ने वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मन्दिर का प्रसाद ऑन लाइन स्पीड पोस्ट द्वारा भेजने की व्यवस्था की है

बाइट महाशिवरात्रि पर्व के लिए डाक विभाग ने विशेष प्रबंध किये हुए हैं

प्रवर अधीक्षक डाकघर वाराणसी प्रवी मंडल के नाम से ई मनी आर्डर भेजना होगा